आज नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों तथा परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है

प्रधानमंत्री ने किसानों से अनुरोध किया कि वे ऐसी फसलें उगाएं जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे दैनिक घरेलू कार्यों में पानी जैसे अमूल्य प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग न करें उन्होंने स्टार्टअप्स से ऐसी प्रोद्योगिकी का विकास करने को कहा जिससे पानी की कम से कम खपत सुनिश्चित की जा सके उन्होंने प्रत्येक गांव में जल कार्य योजना और जल निधि बनाने का आह्वान किया श्री मोदी ने कहा कि अटल जल योजना में पानी के लिए सबसे अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए अधिक धन देने का प्रावधान किया गया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टार का कोई भी डाटा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टार के बारे में अफवाह फैलाने वाले वास्तव में गरीबों और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं

चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले लोगों से की गई अपील में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के बारे में द्वष्प्रचार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि यह अफवाह फैलाई जा रही है कि राज्य में लाखों बंगलादेशी हिंदू घुस जाएंगे और चाय बागान में काम कर रहे लोगों के गेजगार पर कब्जा कर लेंगे श्री सोनोवाल ने स्पष्ट किया कि ये बातें निराधार हैं और नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानो के अनुसार अब कोई भी बंग्लादेशी असम में बस नहीं पायेंगे मुख्यमंत्री ने चाय बागान में रह रहे लोगों से अपील की कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और वरिष्ठ मंत्री हेमन्त बिस्व सरमा की उपस्थिति में बारपेटा रोड पर रैली निकाली

पाप्मपारे जिले के दोईमुख में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ताना हालि तारा और असम के बिहपुरिया से विधायक देबानंद हजारिका ने संयुक्त रुप से केक काटकर अटल जी का जन्म दिन मनाया उन्होंने असम अरुणाचल की सीमा पर बसे ग्रामीणों के उत्थान के लिए मिलजुल कर कार्य करने की शपथ ली

राजधानी ईटानगर सहित प्रदेश के सभी गिरजाघरों में आयोजित मिड नाईट मास प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही जहां लोगों ने परंपरागर पूजा पाठ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया इस अवसर पर विभिन्न गिरजाघरों में प्रभू ईश्म के जन्म दिवस से जुड़ी झांकिया भी सजाई गई थी रंग बिरंगी रोशनी के झालरों में सजे गिरजाघरों में बच्चों का उत्साह देखती ही बनता था